कई केन्द्रीय मंत्री और भाजपा नेता देश के विभिन्न भागों में घर घर जाकर इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में रिटायर्ड न्यायमूर्ति खेमकरण के आवास पर उनसे मुलाकात कर उन्हें नागरिकता संशोधन कानून के बारे में तथ्यों से अवगत कराया भाजपा के वरिष्ठ नेता समाज के प्रब्दद्दजनों से मुलाकात कर उन्हें नागरिकता संशोधन कानून के बारे में समाज में व्याप्त भ्रान्तियों को दूर करने के लिये जनता को जागरूक करने की अपील कर रहे हैं इस अभियान के तहत भाजपा ने एक टोल फ्री नम्बर शुरू किया है इस नम्बर पर कोई भी व्यक्ति मिस्ड कॉल देकर नागरिकता संशोधन कानून के प्रति समर्थन दर्ज करा सकता है

मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में नागरिकता संशोधन कानून के बारे में भाजपा के जन जागरण अभियान के अंतर्गत आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित इस संगोष्ठी में नगर के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रोफेसर चिकित्सक समेत अन्य प्रबुद्वजन उपस्थित थे अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान में हमेशा से ही अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया गया है उन्होंने कहा कि इसी का परिणाम है कि वहां आज हिन्दू अल्पसंख्यकों की जनसंख्या केवल एक प्रतिशत रह गयी है जवकि आजादी के समय यह तीस प्रतिशत थी मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानुन नागरिकता देने के लिए लाया गया है यह किसी की नागरिकता छीनता नहीं है मुख्यमंत्री ने कहा कि पड़ोसी देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना भारत का दायित्व है

इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर से भाजपा के व्यापक जनसम्पर्क अभियान की शुरूआत की मुख्यमंत्री सर्वप्रथम गोरखनाथ थाने के निकट स्थानीय निवासी हाजी कैफ उल वरा के प्रतिष्ठान पर पहंचे और वहां उनसे मुलाकात कर उन्हें नागरिकता संशोधन कानून के बारे में अवगत कराया मुख्यमंत्री ने देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद के प्रपौत्र और नगर के प्रबद्वजन अशोक जान्हवी प्रसाद से भी मुलाकात की और उन्हें नागरिकता संशोधन कानुन की प्रति मेंट की मुख्यमंत्री ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ राजाराम यादव से भी उनके घर पर मुलाकात की और उन्हें नागरिकता संशोधन कानून के बारे में तथ्यों से अवगत कराया प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने आज मथ्या के विभिन्न गांवों में चौपाल लगाकर नागरिकता संशोधन कानून पर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे थ्रम को दूर करने के लिये लोगों को जागरूक किया उन्हॉने कहा कि यह कानून किसी की नागरिकता समाप्त नहीं कर रहा बल्कि पडोसी देशों के प्रताडित अल्पसंख्यकों को नागरिकता दे रहा है केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आज रामप्र के धमौरा में जनजागरण सम्पर्क अभियान में शामिल हये इस अवसर पर लोगों को सम्बोधित करते हये उन्होंने कहा कि कांग्रेस नागरिकता संशोधन कानून पर भ्रम फैलाकर वोट की राजनीति कर रही है उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून पर विपक्षी दलों का द्ष्प्रचार जल्द समाप्त हो जाएगा और सत्य की जीत होगी प्रदेश के होमगार्ड्स सैनिक कल्याण प्रांतीय रक्षक दल और नागरिक सुरक्षा मंत्री चेतन चौहान ने आज बलरामपुर में विकास कार्यो की समीक्षा की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को आकांक्षी जिले में हो रहे निर्माण कार्य को मानक के अनुसार समय से पूरा कराने के निर्देश दिए श्री चौहान ने भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की और उन्हें गांव गांव जाकर नागरिकता संशोधन कानून के विषय में लोगों को वास्तविक जानकारी देने को कहा पिछले कुछ दिनों से भीषण ठंड का सामना कर रहे पूर्वाचलवासियों को आज भी दिन में धूप खिलने से थोड़ी राहत मिली गोरखपुर अयोध्या क्शीनगर सिद्वार्थनगर समेत पूर्वाचल के अधिकांश हिस्सों में आज दिन भर हल्की धूप रही हालांकि मौसम विभाग के अनुसार यह राहत अधिक दिनों तक बरकरार नहीं रहेगी मौसम विभाग ने कल प्रदेश के विभिन्न स्थानों में घना कोहरा छाये रहने की संभावना जतायी है वहीं पश्चिमी विक्षोम की स्थिति बनने के कारण आगामी मंगलवार से प्रदेश में फिर से वर्षा होने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में क्छ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है